भारत में क्षय रोग से हर वर्ष करीब पांच लाख लोग मारे जाते हैं

केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्री रामविलास पासवान ने ये जानकारी दी श्री पासवान कल नई दिल्ली में खाद्य सुरक्षा मुद्दे पर राज्यों के खाद्य सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर राशनकार्डो के अंतरण से लाभार्थियों खासकर प्रवासियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ देश भर में आसानी से मिल सकेगा

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और पिछले चार वर्षों में मंत्रालय ने इस नीति को लेकर व्यापक चर्चा की है प्रदेश में भी नई शिक्षा नीति बनाने के लिये एक समिति का गठिन किया गया है

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के निर्देश के बाद पैकेट पर इस तरह के लेबल से नागरिकों को खाने पीने की चीजों में शामिल तत्वों की जानकारी मिल सकेगी

भारतीय अनुसंधान एवं विकास संगठन इसरो ने इंटिग्रेटिड गाइडेड मिसाइल डेवलेपमेंट कार्यक्रम के अधीन इसका निर्माण किया है

इस कार्यक्रम में भारत को प्रतिरक्षा क्षेत्र में स्वावलंबी करने के लिए पृथ्वी पहला मिसाइल है

श्री मोदी के दूसरे कार्यकाल के पदभार ग्रहण करने के बाद मन की बात का यह पहला कार्यक्रम होगा

विधायक ज्ञानचंद पारख ने अपने विधानसभा क्षेत्र में फसल खराबे और पीएम फसल बीमा योजना के अनुसार बीमा राशि नही मिलने से जुड़ा सवाल उठाया जवाब देते हुए श्री कटारिया ने प्रभावित किसानो तक जल्द ही राशि पहुचने का आश्वासन दिया प्रश्नकाल के दौरान ही टोंक जिले की रेलवे लाइन का मुद्दा भी जोर शोर से उठा टोंक जिले में रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण के मुआवजे का सवाल विधायक कन्हैया लाल ने उठाया इसके जवाब में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रेलवे लाइन का कार्य शुरु नही होने के लिए पूर्व सरकार को जिम्मेदार ठहराया उन्होने जल्द इस कार्ययोजना को अंजाम दिए जाने की जरुरत बताई

समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे जबकि अध्यक्षता शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा करेंगे

गौरतलब है कि एक वर्ष में पन्द्रह लाख या इससे अधिक के सहयोग के लिए भामाशाहों को प्रेरित करने वाले प्रेरकों को राज्य स्तर पर प्रेरक सम्मान दिया जाता है इस बार भी प्रेरकों की सूची में सर्वाधिक सरकारी कर्मचारी और अधिकारी है जिन्हें राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा इनमें कई अधिकारियों ने तो बीस से पच्चीस लाख रुपए तक के प्रेरक कार्य करवाए हैं

उद्योग विभाग के आयुक्त डा कृष्णकांत पाठक ने कहा कि राज्य में बुनकरों का डेटा बैंक बनाने के लिये अभियान चलाकर बुनकर कार्ड बनाए जाएंगे डा पाठक ने कल जयपुर के उद्योग भवन में बुनकर संघों से जुडी संस्थाओं को बैठक में ये बात कही

अभियान में सभी स्वास्थ्य केंद्रों के अति संवेदनशील और वंचित क्षेत्रों को चिन्हित कर घर घर जाकर टीबी रोगियों की जांच करवाने के लिये टीमों का गठन किया गया है ये टीमें संभावित टीबी रोगियों के बलगम की जांच और एक्सरे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर सम्पादित करवाएंगी

हमारे संवाददाता ने बताया कि बसई डांग थाना इलाके के बाबू महाराज के बीहडों में उसने आत्मसमर्पण किया पुलिस अधिकारी उसे सदर थाना बाडी ले गये है जहां पुलिस अधीक्षक खूद उससे पूछताछ कर रहे है

राज्यपाल कल्याण सिंह और मुख्य न्यायाधीश रविन्द्र भट्ट समारोह में शामिल होंगे

आकाशवाणी से मैच का आंखो देखा हाल डीटीएच हिन्दी और अन्य मीटरों पर दोपहर ढाई बजे से सुना जा सकता है

अब भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहंचने से महज एक जीत दूर है